मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया बैठक के बाद प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के विरूद्व अपराध की घटनाओं के प्रति चिंता व्यक्त की है उन्हॉर्ने कहा कि दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई के लिए एक सौ चवालीस फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने का निर्णय किया गया है बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए चौहत्तर नयी अदालतों के गठन का भी निर्णय किया गया श्री पाठक ने कहा कि इन अदालतों के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के दो सौ अठारह पद सुजित किए गए हैं इन अदालतों पर होने वाले व्यय का साठ प्रतिशत केंद्र सरकार और चालीस प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा प्रत्येक नयी अदालत के गठन पर तिरसठ लाख रूपये खर्च होने का अनुमान है मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में अयोध्या गोरखपुर और फिरोजाबाद नगर निगम की वर्तमान सीमा के विस्तार को मंजूरी दे दी है प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सिद्वार्थ नाथ सिंह ने लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि अयोध्या और गोरखपुर नगर निगमों की सीमा में क्रमशः इकतालीस और इकत्तीस गांव जोड़े जाएंगे तथा फिरोजाबाद नगर निगम में एक कॉलोनी को शामिल किया जाएगा उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने कुशीनगर नगर पालिका क्षेत्र में इकत्तीस नये गांव जोड़ने को मंजूरी दे दी है साथ ही सोलह नगर पंचायतों की सीमा विस्तार को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है मंत्रिमंडल ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बलिया से जोड़ने के लिये लिंक वे बनाने का भी निर्णय किया है इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के निर्णय को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्वार्थनाथ सिंह ने बताया कि यह रिपोर्ट छह माह में तैयार हो जाएगी उन्होंने बताया कि करीब चालीस किलोमीटर का यह लिंक वे चार लेन का होगा इस लिंक वे के दन जाने से यमुना एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और आगरा एक्सप्रेस वे का सम्पर्क बिहार की सीमा से जुड़ जाएगा मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गये अन्य फैसलों में ऐसे पेड़ों की नयी सूची तैयार की गयी है जिन्हें काटने के लिये अनुमति लेने की आवश्यकता होगी इनमें देसी तुकमी और कलमी आम नीम साल और महुआ समेत उत्तीस किस्म के पेड़ शामिल हैं कैविनेट ने अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया से निकलने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर पांच प्रतिशत वैट लगाने का भी फैसला किया है नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करने के बाद लोकसभा में पेश कर दिया गया है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 दो सौ तिरानवे सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया जबकि बेयासी सदस्य इसे पेश करने के विरोध में थे इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच विघेयक को सदन में प्रस्तुत किया इस विघेयक का उदेश्य कुछ खास श्रेणियों के अवैध आप्रवासियों को मौजूदा कानून के प्रावधानों से छूट देने के लिए अधिनियम में बदलाव करना है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत के व्यापारी वर्ग ने देश के विकास में बहुत योगदान दिया है आज नई दिल्ली में लखनऊ के लक्ष्मीपत सिंघानिया भारतीय प्रबंघन संस्थान राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार दो हजार अट्ठारह प्रदान करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े व्यापारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निषाई थी उन्होंने कहा कि वर्तमान युग में भारत को जलवायु परिवर्तन और सतत विकास सहित अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने इन चुनौतियों को मिलजुल कर हल करने पर जोर दिया और कहा कि व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जिससे राष्ट्र का विकास होता है प्रदेश सरकार ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को जलाए जाने के मामले में लापरवाही बरतने पर एक थानाध्यक्ष सहित सात पुलिस अधिकारियों को निलम्बित कर दिया है बिहार थाना क्षेत्र के प्रभारी अजय त्रिपाठी दो उपनिरीक्षक अरविन्द सिंह रघ्यवंशी और श्रीराम तिवारी तथा चार सिपाहियों को निलम्बित किया गया है इन सभी पुलिसकर्मियों को काम में लापरवाही ढिलाई और अपराध नियंत्रण तथा अभियोजन से सम्बंधित मामलों में मनमानी करने के मद्देनज़र तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है भारत के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण इलाके खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त हो गए हैं जलशक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में इसकी जानकारी दी उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के शहरी इलाके खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जा चुके हैं